भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समक्ष आज रायपुर में चौबीस पूर्व आईएएस आईपीएस सहित अन्य अधिकारियों और समाजसेवियों ने भाजपा में प्रवेश लिया मोहर्रम महीने की दसवीं तारीख को यौमे ए अशुरा के मौके पर आज रायपुर सहित प्रदेशभर में मातमी जुलूस और ताजिये निकाले जा रहे हैं

प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगड़ा से हेलीकॉप्टर से करीब तीन बजे जांजगीर पहुंचेंगे और एक किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके अलावा वे कई विकास कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी करीब डेढ़ घंटे जांजगीर में रहेंगे बीते छह महीने में प्रधानमंत्री श्री मोदी का यह तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है प्रधानमंत्री की आमसभा के लिए पुलिस परेड ग्राउंड को तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जांजगीर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है

कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए तीन गेट बनाए हैं कलेक्टर से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए पांच डोम पंडाल बनाए गए हैं जिसमें करीब एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है पंडाल के भीतर एलईडी की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से रायपुर विमानतल पहुंचेंगे और यहां से भारतीय वायुसेना के विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अमित शाह छत्तीसगढ़ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिन के प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने रायपुर के ड्मरतराई में आयोजित भाजपा के शक्ति समन्वयक और संयोजकों के सम्मेलन में शिरकत की शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को श्री शाह ने चुनावी टिप्स दिए इस सम्मेलन में श्री शाह के समक्ष चौबीस पूर्व प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों और क्छ समाज सेवियों ने भाजपा में प्रवेश किया इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव श्रीवास्तव और एनकेएस ठाकुर पूर्व आईएएस आरसी सिन्हा दूरदर्शन के पूर्व उप महानिदेशक विमल चंद्र गुप्ता पूर्व आईएफएस राकेश तिवारी तथा समाजसेवी शुभांगी आप्टे भी शामिल हैं श्री शाह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया इस दौरान उन्होंने कोर कमेटी प्रदेश पदाधिकारियों सांसद विधायक सहित विभिन्न संगठन मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुखों के साथ एक बैठक ली जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई बाद में वे सिंधी समाज के धर्मस्थल शदाणी दरबार के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रायपुर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य स्वागत किया गया

पोर्टल साइबर क्राईम डॉट जीओवी डॉट इन बाल यौन उत्पीड़न और दृष्कर्म सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करेगा यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस यौन अपराधों का पता लगाने और मामलों की जांच करने में प्रभावी रूप से सहायता करेगा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया इस मौके पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्यों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों पोर्टल महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिषा में किये जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं श्री सिंह ने महिलाओं और बच्चों को खिलाफ अपराध रोकने के लिए कुछ राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आश्रय गृहों में बच्चों की सुरक्षा पर विषेष ध्यान देने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के तहत लोरमी में आयोजित आमसभा में यह घोषणा की इस मौके पर उन्होंने लोरमी के शासकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए पंद्रह लाख रूपए की स्वीकृति भी दी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पचास बिस्तरों वाले मातु और शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया इसके अलावा उन्होंने तीन सौ छियासी करोड़ रूपए की लागत के एक सौ बाईस विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को दो करोड़ पचासी लाख रूपए की सामग्री और सहायता राशि का चेक वितरित किया

इसके चलते बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर बिलासपुर रायगढ़ मेम रायपुर डोंगरगढ़ और बिलासपुर रायपुर मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई है वहीं गेवरा रोड बिलासपुर मेमू टाटानगर इतवारी मेम पैसेंजर गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस रायपुर दुर्ग मेमू और भगत की कोठी विशाखापट्नम एक्सप्रेस देरी से रवाना होंगी विस चुनाव स्वीप कोर कमेटी छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग जनसम्पर्क विभाग दूरदर्शन आकाशवाणी सहित चौदह विभागों की मदद ली जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य में सहयोग देने के लिए कहा है इस उद्देश्य से राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी का भी गठन किया गया है कल रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई इस मौके पर उन्होंने ईव्हीएम और वीवीपैट मशीन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किए जाने पर जोर दिया

इस दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है

राजधानी रायपुर में इस समय ताजिए के साथ साथ मातमी जुलूस निकाला जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मानसुन एक बार फिर सक्रिय रहा ओडिशा में सक्रिय चक्रवाती तूफान डाए के असर से बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश हई राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कल से रूक रूककर बारिश हो रही है रायपुर में बीती रात से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल द्वारा इन दिनों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है आज मंडल के अधिकारियों ने अनेक ट्रेनों के अलावा रेल परिसर में स्वच्छता का निरीक्षण किया बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में आज आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है अंबिकापुर से बलरामपुर जिले के चांदो जा रही एक यात्री बस आज अंबिकापुर के पास पेड़ से टकरा गई इस हादसे में पच्चीस यात्री घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है